स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश हर तरह की स्थिति का म्काबला करने के लिए तैयार है

ग़ह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है कि अंतर राज्यीय स्तर पर सामान की ढ्लाई पर कोई पांबदी नहीं है इसलिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखानों के कर्मचारियों को पास देना सुनिश्चित किया जाये

वहीं पोजिटिव मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छूटी दी गई है

नूंह के गांव जय सिंह प्र ढेकलीक्रथला गोलप्री और कौतलाका को बफर ज़ोन में शामिल करने के आदेश जारी किये गये है यमुनानगर के गांव शादीपुर में एक जमाती और गांव मसीदी मे दो व्यक्ति पोजिटिवमिले है

पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि दोनों की रिपोर्ट नेगीटिव आने से सबका मनोबल बढ़ा है उन्होंने बताया कि इनकी रिपोर्ट द्रसरी बार भी नेगीटिव आई इसलिए अब उन्हें घर भेज दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि समाज परिवार और विजय पाने में सहायक है वहीं गांव खड़क मंगोली से पंचकूला जिले की पहली कोरोना मरीज़ प्रभा ने आकाशवाणी को बताया कि वे डॉक्टर और स्टाफ नर्स की देखभाल से ही इस ला इलाज बीमारी को हरा पाई है

लगातार दो बार रिपोर्ट नेगीटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने संडवा गांव के निवासी जमाती अब्दल को घर भेज दिया गया है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जितेन्द्र कादयान ने कहा कि चौधरी बंसी लाल नागरिक अस्पताल में उपाचाराधीन इस जमाती के साथ मानहेरू गांव केा एक जमाती भी पोजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती किया था लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नेगीटिव नहीं आई है हरियाणा के गृहमंत्रीअनिल विज ने पूलिस विभाग को बिना मास्क पहने या बिना मुंह ढके से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटने के आदेश दिये है

गृहमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि लोग बाज़ार से खरीदा हआ मास्क पहनने के लिए बाध्य नहीं है मास्क न होने पर बड़े रूमाल या सूती कपड़े से अपना मुंह नाक ढकर भी आवश्यक काम के लिए जाया जा सकता है और महिलायें इसके लिए च्न्नी का भी प्रयोग कर सकती है उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक सेनेटाइजेंशन का काम जारी रहेगा श्री विज ने सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हृये कहा कि सफाई कर्मचारियों के काम के कारण कोरोणा को रोकने में बड़ी मदद मिली है फरीदाबाद पुलिस ने दो अलग अलग व्यक्तियों के खिलाफ घोर लापरवाही बरतने के लिए मामला दर्ज किया है पहला शख्स ख्द के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की बात छुपाता रहा और मेडिलक स्टारे पर लोगों को दवा भी देता रहा दूसरा मामला एक महिला के खिलाफ कवारनटीन का पालन ने करने पर दर्ज किया गया है प्लिस विभाग सुबे सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी का इलाज शुरू किया गया है और स्वस्थ होने पर उसे अदालत में पेश किया जायेगा

परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने इसके लिए ट्रासपोर्ट ऐसोसिएशन का आभार जताया है आज विश्वभर में इस्टर मनाया गया यह दिवस प्रभ् यीष् के पूनजीवित होने के उपल्क्ष्य में मनाया जाता है इस्टर के अवसर पर राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को श्भकामनायें दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इसाइयों का यह पवित्र त्यौहार लोगों को प्रेम त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्ररित करता है उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने कहा कि प्रभ् यीश् के प्नजीवित होने की कहानी यह याद दिलाती है प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजयी होगा उन्होंने कहा कि जैसे दुनिया कोरोना महामारी जैसी भयानक चुनौती से निकलने का प्रयास कर रही है ऐसे समय में इस्टर लोगों के जीवन में साहस और सकारात्मकता की भावना पैदा करें

उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी व भामक खबर फैलाने वालों के विरूद्व पुलिस विभाग को उचित कार्रवाई करने बारे लिखा जा रहा है